मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए संकेत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बैंकों की पहंच गरीबों और कृषकों तक बढ़ाने की ज़रूरत पर दिया बल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

ये दल उन ज़िलों का जायज़ा लेगा जहां संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं इसके अलावा केन्द्रीय दल द्वारा संक्रमण से उभर चुके लोगों की देखभाल और उससे जुड़े एहतियात के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये दल संक्रमण को रोकने निगरानी नमूनों की जांच और संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय दूसरी ओर कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को टैस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के चलते राज्यों को परीक्षण बढ़ाने की सलाह दी है कोरोना सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में हुई भारी वृद्वि पर चिंता जताई है उन्होंने आज मण्डी में बताया कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को और अधिक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि और मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को आने वाले दिनों में अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरों के विकास और उनमें बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है और इस उद्देश्य से ही पालमपुर सोलन और मण्डी को नगर निगम का दर्जा दिया गया है जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता व प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे पशुपालन पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने और भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए कृतसंकल्प है

इस केन्द्र में भारतीय नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान से जुड़े कार्य किए जाएंगे

वीरेन्द्र कंवर ने लोगों को आज मनाए जा रहे गोपाष्टमी पर्व की बधाई भी दी उधर कांगड़ा ज़िले के जसवां परागपुर के बनूड़ी में गोपाष्टमी महोत्सव में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बेसहारा गौवंश की समस्या से निजात के लिए सभी से सहयोग का आहवान किया

उन्होंने कहा कि राम बाजार और गंज बाजार में पूरानी दुकानों को तोड़ कर प्रीफैब तकनीक से नई दुकानें तैयार की जाएंगी भारद्वाज ने कहा कि इसके अलावा लोअर बाज़ार से कृष्णा नगर तक बने असुरक्षित भवनों को तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बैंकों की पहुंच गरीबों और कृषकों तक बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया है राजभवन शिमला में आज भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं को और स्तरोन्नत करने सहित गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है राज्यपाल ने प्रदेश में बेहतर सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना भी की इससे पहले उन्होंने राजभवन में बैंक के ए टीएम का भी शुभारम्भ किया

एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय शिमला द्वारा आज शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया

रैली का उद्देश्य बैंक की ऐप योनो एसबीआई की तीसरी वर्षगांठ मनाना और फिट इंडिया अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा साइकिल रैली रिज मैदान से शुरू होकर मशोबरा में संपन्न हुई भारतीय स्टेट बैंक चण्डीगढ़ मण्डल के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर महाप्रबंधक बिनोद कुमार मिश्रा और प्रशासनिक कार्यालय शिमला के उप महाप्रबंधक पवन कुमार इस दौरान मौजूद रहे मौसम प्रदेश में मौसम ने एकबार फिर करवट ली है और दोपहर बाद से अधिकतर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं लाहौल स्पीति ज़िले की ऊंची चोटियों पर एकबार फिर हल्के हिमपात का क्रम शुरू हो गया है जिससे शीतलहर और तेज़ हो गई है

मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठण्ड का सामना करना पड़ेगा

मृतकों की पहचान ठियोग क्षेत्र के चमन और करसोग के तिलक के रूप में हुई है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं